निर्वाचन आयोग ने दिए कडाई से पालन के निर्देश

चुनाव आयोग च्नाव आयोग द्वारा कल मध्यप्रदेश में विधानसभा च्नाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश में प्रशासन भी सचेत हो गया है वहीं ग्वालियर कलेक्टर ने सभी से आचार संहिता का पालन करने की अपील की है शिवपुरी में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर शिल्पा गुप्ता ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर लगे बोर्ड और बैनर हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है उन्होंने बताया कि आचार संहिता में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए विधिवत अनुमति लेनी होगी प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद श्योपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक बैठक बुलायी और जरूरी दिशा निर्देश दिये वहीं मुरैना में आज इस संबंध में एक बैठक बुलायी गयी है खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने पुलिस अधीक्षक रूचिवर्द्वन मिश्र के साथ कल खंडवा शहर के मुख्य बाजार का दौरा कर संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करवाया छतरपुर में कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता के कडाई से पालन के निर्देश दिये है गुना बैतूल भिंड समेत प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नकदी बांटने वालों पर आयोग की नजर रहेगी ऐसे लोगों की जानकारी आयकर विभाग को भी दी जाएगी बिना अनुमति चुनाव प्रचार में लगे वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी श्री राव ने बताया कि चुनावी खर्च को नियंत्रित करने के लिए उड़न दस्ते भी तैनात रहेंगे मतदान केंद्र के बाहर लगने वाले बूथ का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा पेड न्यूज पर भी आयोग की नजर रहेगी प्रदेश के दोनों मुख्य दल भाजपा और कांग्रेस पहले से ही चुनाव तैयारियों में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जगह जगह सभाएं कर रहे हैं श्री कमलनाथ ने ट्वीट कर चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अब यह चुनाव आयोग की जवाबदारी है कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न हों और आचार संहिता का पूर्ण पालन हो

श्री शाह ने बाद में पार्टी के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कार्यकर्ताओं को गीता का पाठ पढ़ाया और उन्हें कृष्ण की तरह चुनावी समर में जुट जाने का आह्वान किया ताकि प्रदेश में पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बना सके उन्होंने कहा कि पन्द्रह साल पहले कांग्रेस शासनकाल के दौरान प्रदेश की हालत खराब थी भाजपा सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है प्रदेश में किये गये विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य नेताओं को विकास के मुद्दे पर भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से बहस की चुनौती भी दी उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जितने काम पिछले चार सालों में किये गये हैं उतने काम कांग्रेस के चालीस साल के शासन में भी नही किये गये

श्री शाह ने इंदौर के बाद झाबुआ जावरा और उज्जैन मे भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया राहुल गांधी वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी कल प्रदेश दौरे पर मुरैना पहुंचे उन्होंने भू अधिकार को लेकर एकता परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार मिलना चाहिये और यदि मध्यप्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम आदिवासियों की मांगो को प्राथमिकता से पूरा करेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा केवल आश्वासन देने का काम कर रही है और आज तक एक भी वादे को पूरा नहीं किया है उल्टा नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से आम लोगों को परेशान करने का काम किया है सभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और एकता परिषद के अध्यक्ष पी वी राजगोपाल ने भी संबोधित किया हमारे मुरैना संवाददाता ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा आश्वस्त किये जाने के बाद एकता परिषद ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है मुरैना के बाद राहुल गांधी जबलपुर पहुंचे जहां उन्होंने नर्मदा आरती के बाद रामपुर तिराहे से आठ किलोमीटर तक रोड शो किया श्री गांधी ने रोड शो के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं पर्यटन मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हरिरंजन राव ने कहा है कि प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है श्री राव ने यह बात कल भोपाल में पांचवें मध्यप्रदेश टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन समारोह में कही इस मौके पर बिहार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोशिएशन के अध्यक्ष कैप्टन स्वदेश कुमार डोमेस्टिक ट्रेवल के अध्यक्ष पी पी खन्ना पर्यटन निगम के प्रबंध संचालक इलैया राजा टी आदि मौजूद थे श्री राव ने अपने संबोधन में बताया कि प्रदेश में पृथक पर्यटन केबीनेट जल महोत्सव हनुवंतिया का आयोजन सिटी वॉक फेस्टिवल विद्यार्थियों के लिए पर्यटन क्विज सहित अनेक नवाचार किए गए हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है भोपाल में दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाला एडवेंचर नेक्स्ट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा कैप्टन स्वदेश कुमार ने कहा कि आने वाला समय एडवेंचर ट्ररिज्म पर फोकस करने का रहेगा इस दृष्टि से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए श्री पी पी खन्ना ने डोमेस्टिक टूरिज्म मार्ट के आयोजन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश में इसे और अधिक बढ़ाने की जरूरत है सूचना आयुक्त राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में पांच राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है आयोग में डीपीअहिरवार सुरेन्द्र सिंह राजकुमार माथुर विजयमोहन तिवारी और अरूण कुमार पांडे को पांच साल के लिये राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है सरकार ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने एक सौ चौसठ विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए श्री हेगड़े ने कहा कि उन्हें इस उपलब्धि पर संतोष कर बैठना नहीं चाहिए क्योंकि विश्व में जबर्दस्त स्पर्धा का माहौल है उन्होंने प्रतिभागियों से रूस और चीन में विश्वस्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होने और वहां देश की कीर्ति स्थापित करने को कहा

इसका उद्देश्य विभिन्न कौशल में श्रेष्ठ प्रतिभाओं की पहचान करना उन्हें बढावा देना और सम्मानित करना है

निर्वाचन आयोग ने दिए कडाई से पालन के निर्देश